संसद के दोनो सदनों की कार्यवाही बुधवार तक के लिये स्थगित राज्यसभा में हंगामे के कारण तीन तलाक बिल नहीं हो सका पेश

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार को देश का वित्तीय घाटा कम करने के लिए रिजर्व बैंक की आरक्षित राशि से धन की जरूरत नहीं है

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार तक स्थगित कर दी गई है इससे पहले राज्यसभा में कल तीन तलाक संबंधी विधेयक पर लगातार शोर गुल के कारण सदन की कार्यवाही में बाधा आयी और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्य यह विधेयक प्रवर समिति को भेजने की मांग करते रहे

श्री गोयल ने सदन से यह विधेयक पारित करने की अपील भी की इससे पहले विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार विधेयक के बारे में अन्य दलों के विचार सुनने के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष विधेयक को रोकना चाहता है विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने विधेयक प्रवर समिति को भेजने के तृणमूल कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन किया गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रफाल विमान सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है उन्होंने जोर देकर कहा है कि बार बार बोला गया झूठ सच्चाई में नहीं बदल सकता लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के आरोपो का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है

केन्द्र सरकार ने सुधीर भार्गव को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है श्री भार्गव राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रहे है वहीं वी के यादव को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया हैं श्री यादव ने अश्वनी लोहानी का स्थान लिया है घरेलु रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कटोती की गई है

देशभर में वस्तु और सेवाकर जीएसटी की दरे घटने के बाद कई चीजें आज से सस्ती हो जायेगी

राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नववर्ष पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि नये साल में हमें नई आशा और विश्वास के साथ भावी चुनौतियों के लिए अपने आपको सक्षम बनाना होगा श्री गहलोत ने आशा व्यक्त की है कि नया साल प्रदेशवासियों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाएगा और सामाजिक सद्भावना की हमारी महान और गौरवशाली परम्परा को आगे बढ़ाने वाला वर्ष होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल प्रदेश के विभिन्न भागों से आये लोगों से मुलाकात की प्रदेशभर में नये साल के जश्न की धूम रही होटल रेस्त्रा क्लब शोपिंग मॉल्स और अन्य स्थानों पर नया साल आने की खुशी में विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये लोगों ने नृत्य संगीत और आतिशबाजी के साथ नये साल की शुरूआत को खास बनाया राज्य के विभिन्न शहरों में देशी विदेशी पर्यटको की आवक से काफी रौनक छायी हई है

बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन कर नये साल के शुभ और सुखद होने की कामना की हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि जिले के प्रसिद्व खाटूश्याम मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड रही

प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का कहर लगातार जारी हैं कई शहर शीतलहर की चपेट में है ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में सुबह बर्फ की हल्की परत देखी जा रही है और लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचाव का जतन कर रहे है शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठण्ड है और फतेहपुर में पारा जमाव बिन्दु से नीचे बना हुआ है आज यहां न्यूनतम तापमान शून्य दशमलव चार डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया प्रचंड सर्दी के कारण खेतों में सब्जियो धनियां और सरसों की फसल के नुकसान का अंदेशा है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल अगले दो दिनों तक ठण्ड से राहत के आसार नहीं है